वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बीके अग्रवाल होंगे प्रदेश के नए मुख्य सचिव

भारी वर्षा से प्रभावित कुल्लू मनाली में जनजीवन बहाल करने का कार्य शुरू मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के प्रति हमेशा से वचनबद्ध रहा है और भारत की नज़र कभी भी किसी की धरती पर नहीं रही

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता बढ़ाई है और इसके दुरूपयोग को रोकने में सराहनीय भूमिका अदा की है

इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अनेक महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं और आम लोगों से भी इस पर चर्चा की जाती है उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टिब्बी में मन की बात कार्यक्रम को सुना

पूर्व मुख्य सचिव विनीत चौधरी की सेवा निवृति के बाद उनकी नियुक्ति मुख्य सचिव के पद पर की गई है सरकार ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है बीके अग्रवाल ने भारत और प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर सेवाएं प्रदान की हैं वे अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व विजिलैंस स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा वित्तीय आयुक्त अपील व आवासीय आयुक्त नई दिल्ली का आवासीय आयुक्त का कार्यभार भी संभाल रहे हैं परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि राज्य सरकार नशे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है पालमपुर में आज एक मुफ्त बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर टास्क फोर्स गठित की गई है परमार ने इस अभियान में समाज में जागरूकता होने और इस दिशा में जन सहयोग की ज़रूरत पर भी बल दिया बैठक प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम और खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मण्डलों की बैठकें कांगड़ा ज़िले के परागपुर में आज उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में हुईं बैठक में बांस शिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए इसे कौशल विकास से जोड़ने का निर्णय लिया गया ताकि युवा इसे रोज़गार के रूप में अपना सकें

मारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के लिए बहुआयामी गतिविधियों के आयोजन पर बल दिया है शिमला के राजकीय विद्यालय पोर्टमोर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इनके माध्यम से छात्रों को विभिन्न पहल्ओं की जानकारी मिलने के अलावा विषयों को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है भारद्वाज ने कहा कि सरकार छात्रों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने समाज व राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका को अहम बताया है सोलन ज़िले में कसौली क्षेत्र के कक्कड़हट्टी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक नई योजनाएं लागू कर रही है

राहत कार्य कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने कहा है कि लाहौल स्पीति में राहत व बचाव कार्य के बाद प्रशासन ने कुल्लू मनाली के जनजीवन को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया है कल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले मुख्य शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा और बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में बहाली का कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि जिले के सभी उपमण्डल अधिकारियों को सैटेलाइट फोन जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि आपदा की स्थिति में संपर्क साधने में परेशानी न हो उघर लाहौल स्पिति ज़िले में बीते दिनों हुए भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है ज़िले के अधिकतर भागों में बिजली पानी और संचार व्यवस्था ठप्प है और किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हुई है कोलंग पंचायत के पूर्व प्रधान लामा अंज्ञाला ने नुकसान का जल्द आकंलन कर किसानों को मुआवज़ा दिलाने की सरकार से मांग की है राम स्वरूप कुल्लू ज़िले की गड़सा घाटी में धारा बरसोगी और छन्नीआगे नजां सड़कों का भूमि पूजन कर इनके कार्यों का सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज शुभारम्म किया

स्थानीय विधायक सुरेन्द्र शौरी भी इस दौरान मौजूद रहे अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को मज़बूत किया जाएगा उन्होंने बिलासपुर ज़िले के नम्होल में आज योजना के तहत विद्युत लाइनों को बिछाने के कार्य के शुभारम्म अवसर पर ये जानकारी दी

पशुधन देश के सभी ज़िलों में कल पहली अक्तूबर से पशुधन की गणना की जाएगी गणना का ये अभियान समी गांवों और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा इस दौरान टैबलेट या कम्प्यूटर के जरिए डाटा संग्रह पर विशेष जोर रहेगा जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करना है केन्द्र ने सभी राज्यों से ये कार्य शुरू करने का आग्रह किया है गोविंद ठाकुर खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने युवाओं से खेलकूद गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आहवान किया है पालमपुर में आज राष्ट्रीय सब जूनियर आट्या पाट्या खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि खेलों में नियमित रूप से शामिल होने से विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास संभव होता है गोविंद ठाकुर ने कहा कि आट्या पाट्या एक पौराणिक खेल है जिसे देश के कई राज्यों में खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में कर्नाटक जबकि महिला वर्ग में पुडुचेरी की टीम पहले स्थान पर रही

इनमें से गम्भीर रूप से घायल एक व्यक्ति को चौपाल अस्पताल में भर्ती किया गया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रशासन को घायलों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं विधिक ऊना में पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए आज कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर ज़िला व सत्र न्यायाधीश डीआर ठाकुर ने वॉलंटियर्स से पूरी निष्पक्षता से कार्य करने और छोटे छोटे झगड़ों को मध्यस्थता से निपटाने पर ज़ोर दिया